राज्य सरकार किसानों की फसलों को बंदरो व जंगली जानवरों से बचाने के लिए उठाएगी उचित कदम

जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में अत्याधिक ठंड होने से लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना रेल लोकार्पण केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने सांसद अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में ऊना के अंब अंदौरा रेल स्टेशन से अंब अंदौरा दौलतपुर चौक तक नवनिर्मित रेल लाइन का आज लोकार्पण किया इस मौके उन्होंने कहा कि इस रेल खंड के बनने से रेल सम्पर्क को न केवल गति मिलेगी और ये प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करेगा मनोज सिन्हा ने कहा कि अंब अंदौरा और दौलतपुर चौक के बीच चिंतपूर्णी में स्टेशन भी बनाया गया है जिससे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता चिंतपूर्णी मंदिर आने वाले श्रद्वालुओं को रेल सुविधा मिलेगी

रेल राज्य मंत्री ने कहा कि इस रेल लाईन को दौलतपुर चौक से मुकेरियां तक बढ़ाया जाएगा और सांसद अनुराग ठाकुर की मांग को पूरा करते हुए अंब अंदौरा होशियारपुर रेल लाईन के लिए प्रारंभिक सर्वे शीघ्र करवाने की घोषणा की

जयराम राज्य सरकार किसानों की फसलों को बंदरों व जंगली जानवरों सहित वनों को आग से बचाने के लिए उचित कदम उठाएगी ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में उनसे मिलने आए भारतीय किसान संघ के एक प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित करते हुए कही

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पर्यटन विभाग की वैबसाईट और कैलेंडर को जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है

कांगड़ा जिले के डाडासीबा के वलघार गांव में आज मछआरों को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास व मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ये बात कही

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार भूमिहीन और आवासहीन मछुआरों को जुमीन और पक्के मकान बनाने का प्रबंध भी करेगी

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र के अरला में आज एक कार्यकम में ये बात कही

विपिन परमार ने अधिकारियों जन प्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया इस अवसर पर उन्होंने कामगारों को सोलर लैम्प साइकिल इंडक्शन हीटर और वाशिंग मशीनों सहित राहत राशि के चैक भी वितरित किए

ये बात आज उन्होंने शिमला में जापान सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रदेश वन परितंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना पर आधारित एक कार्यशाला में कही

गोविंद ठाक्र ने बताया कि ये परियोजना प्रदेश के किन्नौर शिमला बिलासपुर मंडी कुल्लू और लाहौल स्पिति ज़िलों में कार्यान्वित की जा रही है इस बीच वन मंत्री की अध्यक्षता में शिमला में मूल्य निर्धारण समिति की बैठक भी हुई जिसमें राज्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की अधिशुल्क दरों का निर्धारण किया गया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री कर्नल राज्य वर्धन राठौड़ ने सेना दिवस के अवसर पर सैनिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं भेंट इधर आरट्रैक के चीफ ऑफ स्टाफ लैफिटनेंट जनरल जीएससांघा ने आज राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की राज्यपाल ने उन्हें सेना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमारे सैनिक देश का वास्तविक गौरव हैं जो सदैव देश की सुरक्षा व अखंडता के लिए काम करते हैं जीवन दर्शन स्ट्रेंट एक्सपीरियंस इंटर स्टेट लिविंग सील प्रोजैक्ट देशभर में राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने का बेहतरीन प्रयास है युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने शिमला के गेयटी थियेटर में आयोजित एक समारोह में कहा कि इसके माध्यम से युवाओं को हिमाचल की संस्कृति और रीति रिवाज़ समझने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान किया गया है

इस बीच विद्यार्थियों ने शिमला में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से भी मुलाकात की सुरेश भारद्वाज ने विद्यार्थियों से भारतीय संस्कृति शिक्षा और अन्य विषयों पर संवाद भी किया विद्यार्थियों के दल ने विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल से भी मुलाकात की इस मौके विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों के साथ अपने विचार साझा किए रणधीर शर्मा प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार की उपलब्धियों से बौखलाकर बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है

घाटी में पिछले कल से संचार व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप्प है हालड़ा उत्सव उधर लाहौल स्पिति जिले की गाहर घाटी में हालड़ा उत्सव आज रात से शुरू हो रहा है इस उत्सव में स्थानीय लोग मशाल लेकर एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना करते हैं इस बीच कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने हालड़ा उत्सव के मौके पर गाहर घाटी के लोगों को शुभकामनाएं दी है

ये सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी